अब समाचार विस्तार से ग्रोथ सेंटर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से स्थानीय किसानों और उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए वे सचिवालय में ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिन ग्रोथ सेंटर में सम्भव हो वहां कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएं ग्रोथ सेंटरों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के आसपास की आर्थिकी में सुधार दिखना चाहिए सभी ग्रेाथ सेंटरों का एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अधिक ध्यान उत्पादों की मार्केटिंग पर दिए जाने की जरूरत है मछली पालन में अपार सम्भावनाएं हैं पहाड़ से मछली को शहरों तक पहुंचाने के लिए फ्रिज वैन की व्यवस्था की जा सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी की जाए किसानों से उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कम्पनियों के साथ संपर्क कराया जाए ताकि किसान कीमत के बारे में आश्वस्त हो सकें

बहुत से ग्रोथ सेंटरों पर काम भी शुरू किया जा चुका है बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रवीन्द्र दत्त प्रमुख सचिव आनंदवर्द्धन सचिव आरमीनाक्षी सुंदरम भी उपस्थित थे एग्री कैनन गन प्रदेश में बंदरों सुअरों और अन्य जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए अल्मोड़ा के विवेकानन्द भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एग्री कैनन गन और खेती रक्षा उपकरण लॉन्च किये हैं फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा विषय पर अल्मोड़ा में किसान वैज्ञानिक पत्रकार संवाद का आयोजन किया गया इस दौरान जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए एग्री कैनेन गन और खेती के रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया वैज्ञानिकों का कहना है कि एग्री कैनन गन और खेती रक्षा उपकरणों को वैज्ञानिकों की टीम ने एक साल में तैयार किया है सफल परीक्षण के बाद इन उपकरणों को किसानों के लिए लॉन्च किया जा रहा है वैज्ञानिकों का दावा है कि एग्री कैनन गन बंदरों को भगाने में सबसे अधिक कारगर है इसमें कैल्शियम कार्बेट पर पानी डालकर धमाका किया जाता है इस गन से कई तरह की आवाजें निकलती है जंगली जानवर भाग जाते हैं खेती रक्षा उपकरण सोलर एनर्जी से चलता है और इसे मोबाइल से घर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है सीएम कंभ बैठक कुंभ मेले के कार्यों को पूरा कराने की जिम्मेदारी विभागीय सचिवों की होगी साथ ही तकनीकि दक्षता वाले विभागों के स्तर पर किये जाने वाले कार्यो में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी यह बात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में आगामी कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के बारे में आयोजित बैठक में विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को कही उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के बाद इसके कार्यो और व्यवस्थाओं पर किसी भी प्रकार की शिकायत न मिले यह विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी

राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया इसके तहत उत्तराखंड और कर्नाटक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिये अपनी संस्कृति और खूबियों का एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं

कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बसा हंपी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसी ये जगह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कृष्णदेव राय द्वारा शासित अपने समय का गौरवशाली इतिहास समेटे विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्ध विरासत और मूर्तिकला के लिए मशहूर है सातवीं सदी में बने विरुपक्षा मंदिर की मूर्तियां बेहद आकर्षक हैं जिसे देखने देश दुनिया से लोग आते हैं पत्थर का बना रथ यहां का दूसरा प्रमुख आकर्षण और वास्तुकला का अदभुत नमूना है हंपी का मंदिर और पत्थर का रथ कर्नाटक की सांस्कृतिक समृद्धता के प्रतीक हैं यूनेस्को ने हंपी के स्मारकों को विश्व धरोहर घोषित किया है कदालेकालु गणेश मंदिर मतंगा पहाड़ी हेमकुट पहाड़ी अच्युतराया मंदिर यहां के अन्य प्रमुख आकर्षण हैं यहां की संस्कृति विजयनगर साम्राज्य के समय की अदभुत धरोहरों को दर्शाने के लिए हर वर्ष यहां तीन दिन का हंपी उत्सव मनाया जाता है उत्सव में स्थानीय कलाकार लोक कला गीत नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं अपनी बेजोड़ मूर्तिकला और विरासत की वजह से हंपी कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहले स्थान पर है

शोधार्थियों को राज्य की स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों पर अधिक से अधिक शोध करने होंगे

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शोध कार्य होने चाहिए जिनका समाज को सीधा लाभ मिल सके

राज्यपाल ने कहा कि शोध कार्यो की गुणवत्ता और शुचिता बनाये रखना बहुत जरूरी है किसान क्रेडिट कार्ड देहरादून में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉ संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बैठक हुई बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम किसान लाभार्थी योजना में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने के लिए पूरे पखवाड़े अभियान चलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पीएम किसान लाभार्थियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपनी बैंक शाखाओं में सम्पर्क कर योजना का लाभ लें किसान क्रेडिट कार्ड रुद्रपुर उधमसिंह नगर जिले में किसानों को अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने के लिए कृषि उद्यान और सहकारिता विभागों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है रुद्रपुर में एक प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं दी जा रही है

इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का लाभ मछली पालन और पशुपालन से जुड़े किसान भी ले सकते हैं

सरकार के इस आदेश पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है

गेस्ट टीचर काउंसिलिंग प्रदेश के इंटर और हाईस्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नये शिक्षा सत्र से अतिथि शिक्षकों की तैनाती किये जाने की संम्भावना है

इस युद्वाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के युद्व कौशल और तकनीकों को साझा करेंगे